प्रधानमंत्री राम मंदिर केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन का फैसला किया है आज लोकसभा में यह जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि करीब सड़सठ एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है ये ट्रस्ट भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राममंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार उत्तरप्रदेश सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ भूमि देने पर सहमत हो गई है प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय को अयोध्या फैसले पर देशवासियों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रियाओं पर उल्लेखनीय विश्वास व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति को लेकर आगे बढ़ रही है इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की घोषणा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार को बधाई दी है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि श्रीराम मंदिर से सम्पूर्ण भारतीय समाज प्रेरणा ग्रहण कर राष्ट्र के नव निर्माण की दिशा में अग्रसर होगा हाईकोर्ट एनजीओ घोटाला करोड़ों रूपये के एनजीओ घोटाले में दो आईएएस अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका पर आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और न्यायमूर्ति पीपी साहू की डबल बेंच ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है इस बीच राज्य सरकार की ओर से भी आज पुनर्विचार का आवेदन दिया गया इस दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि इस मामले पर कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज की जा चुकी है अंग्रेजी अभियान प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके लिए आगामी अप्रैल महीने में लगभग एक हजार इच्छुक शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाने के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक प्रतिभागियों को अपना नाम भेजने के साथ ही तैयारी शुरू करने को कहा है परिवहन बैठक प्रदेश में अब यात्री बस परमिट एकल प्रक्रिया के तहत परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी किया जाएगा यह निर्णय कल रायपुर में आयोजित परिवहन विभाग और बस संचालकों की बैठक में लिया गया बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने की उन्होंने बैठक में नवीनीकरण संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए यात्री बस परमिट डिवीजनल आयुक्त कार्यालय के बजाए परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी करने के निर्देश दिए साथ ही आयुक्त कार्यालय में ही अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण और वाहनों के प्रतिस्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्रवाई करने को भी कहा गौरतलब है कि प्रदेश में पांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर दुर्ग बिलासपुर जगदलपुर और अंबिकापुर डिवीजनल कार्यालय है जहां यात्री बस परमिट जारी किए जाते हैं अब इन डिवीजनल कार्यालयों से बस परमिट जारी नहीं होगा एकल प्रक्रिया के तहत यात्री बस परमिट जारी होने से बस संचालकों को समय सीमा में बस परमिट मिल सकेगा और आवागमन में कोई परेशानी नहीं होगी कोरोना वायरस दुर्ग जिले में कोरोना वायरस के तीन संदिग्ध मिलने की खबर है तीनों मरीजों का ब्लड सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही प्रशासन किसी नतीजे पर पहुंचेगा एहतियात के तौर पर तीनों मरीजों को रिपोर्ट आने तक घर पर ही एक अलग कमरे में रखा गया है ये तीनों युवक कुछ दिन पहले चीन से लौटे हैं इस बीच कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों पर नजर रखे हुए हैं जो हाल ही में विदेश से आए हैं और उनमें वायरल जैसी शिकायत है वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जिले में अलर्ट जारी कर दिया है

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया की युगल पीठ ने मामले को रियरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी द्वारा सजा के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया गौरतलब है कि पच्चीस फरवरी दो हजार पंद्रह को खुर्सीपार भिलाई में साढ़े पांच साल की मासूम बच्ची को आरोपी ने अपना शिकार बनाया था इसके खिलाफ विशेष न्यायाधीश दुर्ग ने अगस्त दो हजार अट्ठारह में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी धान खरीदी प्रभावित प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के चलते समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रभावित हुई है वहीं धान संग्रहण केन्द्रों में रखा करोड़ों रूपये का धान पर्याप्त कैप कवर नहीं होने के कारण भीग गया है हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा धमतरी सहित अन्य जिलों में बारिश के कारण करोड़ों रूपये का धान भीग गया है जांजगीर चांपा जिले के दो सौ नौ खरीदी केन्द्रों में अब तक तिहत्तर लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है जिसमें से सत्ताईस लाख क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है वहीं धमतरी जिले में बयासी केन्द्रों में धान की खरीदी की जा रही है बारिश के कारण ग्राम खरेंगा सहित अन्य खरीदी केन्द्रों में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है भाजपा धान खरीदी ज्ञापन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाने की घोषणा का विरोध किया है श्री चंद्राकर ने कहा है कि आगामी सात फरवरी को भाजपा किसान मोर्चा धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर से माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा मौसम और अब पेश है मौसम का हाल पिछले तीन दिनों से हो रही बदली बारिश से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सरगुजा बस्तर और दुर्ग संभाग में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी इलाकों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है साथ ही एक द्रोणिका भी बनी हुई है इसके असर से प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है वहीं उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है लघु वनोपज प्रदेश में लघु वनोपजों के संग्रहण प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है राज्य सरकार द्वारा बाईस लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है इससे लगभग चार हजार संग्राहक लाभान्वित होंगे वनोपज के व्यापार से महिला स्व सहायता समूहों को भी जोड़ा जाएगा

अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के मौके पर कल बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता के लिए संगोष्ठी और रैली का आयोजन किया गया इसके अलावा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया

विवाह के लिए पंजीयन आगामी पंद्रह फरवरी तक कराया जा सकता है

इस हादसे में सात यात्री घायल हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई